बर्फीली हवाओं से प्रदेश में कड़ाके की ठंड शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित

रिजर्व बैंक रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होने के बावजूद देश की वित्तीय प्रणाली स्थिर है

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि वैश्विक और घरेलू अर्थ व्यवस्था के उतार चढ़ाव के चलते जोखिम की आशंका अभी बनी हुई है वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति के कारण भारत में निर्यात में कमी आ सकती है

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन से समूचे नेटवर्क पर और एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को कभी भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों और अन्य सभी देशों के मुसलमान हमेशा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात्र हैं नागरिक संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कहानियां भारतीय संस्कृति और परम्परा का अभिन्न अंग रही हैं कहानी के माध्यम से ब्जुर्ग बच्चों को नैतिक शिक्षा और ज्ञान से परिचित कराते थे लेकिन आजकल बच्चों को कहानी से जुड़ाव कम हो रहा है इसे जीवंत बनाये रखने के लिये स्कूलों में कहानी उत्सव मनाया जा रहा है राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पढ़े भारत बढ़े भारत योजना के तहत राज्य स्तरीय कहानी उत्सव प्रारम्भ किया गया है इसमें पांचवी से आठवीं तक के विद्यार्थी और शिक्षक शामिल होते हैं इस आयोजन में बच्चे व शिक्षक दोनों रोचक व शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हैं बाद में प्रथम पांच बच्चों और तीन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है

पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल और चिकित्सा शिक्षामंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने इस उत्सव का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया मांडू उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है मौसम ठंड उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रदेश के ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है

पचमढ़ी में तापमान सबसे कम एक दशमलव दो डिग्री दर्ज किया गया है वहीं तापमान टीकमगढ़ में एक दशमलव पांच और उमरिया में एक दशमलव नौ डिग्री रहा ग्वालियर चंबल संभाग में घने कोहरे के चलते मुख्यमंत्री कमलनाथ को आज अपना भिण्ड जिले का दौरा स्थगित करना पड़ा उन्हें यहां एक किसान सम्मेलन में शामिल होना था हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कड़ाके की ठंड से टीकमगढ़ रायसेन रतलाम जिले में पाला पड़ा और फसलों पर ओस जम गई है राज्य के मालवा निवाड़ बुंदेलखण्ड ग्वालियर चंबल महाकौशल सहित भोपाल संभाग के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में शीतलहर और तेज होने तथा ग्वालियर चंबल सागर रीवा संभाग में घना कोहरा रहने की संभावना जताई है